विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज सम्पन्न हो गया इस संक्षिप्त सत्र के दौरान विपक्षी दलों के हंगामे के कारण विधान सभा में पांचों दिन प्रश्नकाल नहीं हो सका जबकि विधान परिषद् में अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण माहौल में सदन की बैठक चली सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किये गये हंगामे के बीच ही वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिये द्वितीय अनुपूरक बजट दोनों सदनों में पारित किया गया वहीं व्यवसायियों के लिये महत्वपूर्ण माने जाने वाले बिहार कराधान विवाद समाधान संशोधन विधेयक और बिहार वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की गयी विधान सभा में आज अंतिम दिन की कार्यवाही में भोजनावकाश से पहले का सत्र नहीं चल सका बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर राजद कांग्रेस और भाकपा माले के सदस्यों ने सदन के बीचो बीच आकर नारेबाजी की हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही शुरु होने के पांच मिनट बाद ही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली और गैर सरकारी संकल्प लिये गये इधर विधान परिषद में सामान्य रूप से कामकाज हुआ प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले विधानसभा में अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद में कार्यकारी सभापति हारूण रशीद ने अपने समापन भाषण में सदस्यों के प्रति आभार जताया इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गयी जलवायू परिवर्तन जल संकट और पर्यावरण की समस्याओं पर विधान परिषद् में आज विशेष चर्चा का आयोजन किया गया दो घंटे तक चली बैठक में राज्य सरकार के कार्यक्रम जल जीवन हरियाली के विभिन्न आयामों पर भी चर्चा हुई राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जल जीवन हरियाली के तहत पारंपरिक जलस्रोतों का जीर्णोद्धार और उन्हें अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के दौरान एक करोड पच्चीस लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है

इस दौरान घटते भू जलस्तर वायू प्रद्रषण की रोकथाम गंगा नदी की स्वच्छता को लेकर चल रहे अभियान पर भी विचार विमर्श हुआ कार्यकारी सभापति हारुण रशीद ने कहा कि चर्चा के दौरान आये सुझावों और विचारों का संकलन कर सरकार को भेजा जायेगा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने नाथ्राम गोडसे को देशभक्त करार देने संबंधी भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर की कथित टिप्पणियों की निंदा की है लोकसभा में आज विपक्षी सदस्यों द्वारा इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग का जवाब देते हुए श्री सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी ही देश के आदर्श हैं और हमेशा रहेंगे उन्होंने गोडसे का समर्थन करने वाली विचारधारा की कड़े शब्दों में आलोचना की साउंड बाईट नाथुराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर मैं समझता हूं कि यह देशभक्त मानने की किसी की सोच है तो इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडेम करती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नाथुराम गोड़से के बारे में प्रज्ञा ठाकुर की टिप्पणी की निंदा की है आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि पार्टी ऐसे बयान का समर्थन नहीं करती है श्री नड्डा ने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि उन्हें सुरक्षा मामलों की सलाहकार समिति से हटा दिया जाएगा और इस सत्र में उन्हें संसदीय दल की बैठक में शामिल होने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए एकजुट है और अगले वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होगा श्री पासवान आज पटना में लोजपा के बीसवें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि यूवाओं की समस्याओं की सूनवाई और उसके त्वरित हल के लिये पार्टी राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन की मांग करती है साथ ही न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये न्यायिक सेवा आयोग का भी गठन किया जाना चाहिए प्रदेश में हुए अरबों रुपये के बहुचर्चित सुजन घोटाला मामले की एक प्रमुख आरोपी सृजन संस्था की अध्यक्ष शुभलक्ष्मी प्रसाद को पटना की एक विशेष अदालत ने आज न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया सीबीआई ने सुजन घोटाले के एक मामले में उसे गिरफ्तार करने के बाद विशेष अदालत के समक्ष पेश किया था आरोपी को दस दिसंबर तक के लिए पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया शुभलक्ष्मी पर भागलपुर जिले में महिला सशक्तीकरण से जुड़ी सरकारी योजनाओं की करोड़ों रूपये की राशि के गबन करने का आरोप है दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी में मैथिली भाषा को शामिल करने की मांग की है श्री ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मिलकर उन्हें इस संबंध में ज्ञापन सौंपा पटना के मिलर स्कूल परिसर में अनशन कर रहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा की आज तबीयत बिगड़ गयी उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अनशन स्थल पर खड़ी एम्बुलेंस में चिकित्सकों ने ऑक्सीजन लगाया गौरतलब है कि श्री कुशवाहा नवादा और औरंगाबाद में कोन्द्रीय विद्यालय के लिये जमीन उपलब्ध कराये जाने की मांग को लेकर पिछले तीन दिनों से अनशन कर रहे हैं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चूनाव के लिये आज नामांकन के आखिरी दिन कई उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा अंतिम दिन एआईएसएफ आईसा छात्र राजद समेत कई छात्र संगठनों से जुड़े उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया कल नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी तीस नवम्बर को अंतिम सूची जारी होगी जबकि एक दिसम्बर तक नाम वापस लिये जा सकेंगे मतदान सात दिसम्बर को होगा कैमूर जिले के मोहनियां में दो गुटों के बीच संघर्ष के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गयी है जानकारी के अनुसार जिले में सामूहिक दुष्कर्म की एक घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर तोड़फोड़ की जिसके बाद उत्पन्न तनावपूर्ण हालात के मद्देनजर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगा दी गयी है जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र अंतर्गत मधेली पड़ती टोला से पुलिस ने कुख्यात अपराधी मोहम्मद जाफर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया इधर पचास हजार के इनामी अपराधी मोहम्मद शेरू ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया औरंगाबाद के पुलिस कक्ष में पुलिस महानिरीक्षक अभियान सुशील खोपड़े को नेतृत्व में बैठक आयोजित की गयी बैठक में झारखंड में चुनाव के मद्देनजर राज्य के सीमा क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों पर विशेष नजर बनाये रखने के निर्देश दिये गये पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के समाहरणालय कक्ष में जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की गयी दरभंगा स्थित कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय का सातवां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया इस अवसर पर राज्यपाल सह कुलाधिपति फागु चौहान ने आठ छात्रों को गोल्ड मेडल से विभूषित किया शेखप्रा में पैक्स चूनाव के प्रथम चरण के लिये नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य आज पूरा हो गया उनतीस और तीस नवम्बर को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर विधान मंडल का शीतकालीन सत्र सम्पन्न